राकेश पठानिया वन माफिया के हमले में घायल डिप्टी रेंजर सुनील कुमार से टांडा मैडिकल कॉलेज में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने सुनील कुमार का हाले चाल जाना और डॉक्टरों को घायल डिप्टी रेंजर को यथासम्भव उपचार उपलब्ध करवाने को कहा वनमंत्री ने डिप्टी रेंजर पर हमले को वन माफिया की घटिया हरकत करार दिया और कहा कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी

हालांकि इस मरीज में कोरोना की प्रष्टि मौत के बाद हुई है

सोलन जिला में आज जिन तीस मामलों की प्रष्टि हुई है ये मामले अर्की कण्डाघाट सोलन परवाण बददी और नालागढ़ में सामने आए हैं

इन ताजा मामलों की पृष्टि होते ही संबंधित क्षेत्रों को कंटेंनमेंट जोन घोषित कर दिया है और यहां सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है तथा लोगों को घरों पर ही रहने की सलाह दी गई है

किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला में एक सौ करोड़ रूपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सैंटर बनाया जाएगा इसकी सैद्वांतिक मंजूरी केन्द्र सरकार से मिल गई है और अब इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है किशन कपूर आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी एडवायजरी फोर्म की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए

कुलपति राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज जारी आदेशों में प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा को चौधरी सरवण कमार कषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कलपति का कार्यभार सौंपा है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि हिमाचल में ऐसे स्थानीय लोगों और कारोबारियों की बैंकों की किश्तें इस साल के अंत तक स्थगित कर दी जाएं जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि प्रदेश को ये राहत विशेष राज्य के दर्जे के तहत दी जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग पर्यटन कृषि व बागवानी के कार्यों से जुड़े हैं और इन्होंने बैंको से ऋण ले रखा है कोरोना महामारी के चलते आई आर्थिक मंदी को देखते हुए इन लोगों को तुरंत राहत की जरूरत है राठौर ने प्रदेश सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप भी लगाय उन्होंने कहा कि लोग पहले की कोरोना की मार झेल रहे हैं और उस पर सरकार ने बिजली पानी तथा बस किराया बढ़ाकर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं

मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है

अन्य स्थानों पर भी व्यापक वर्षा हुई है

इसके चलते राज्य के मैदानी व मध्यम उंचाई वाले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के मैदानी तथा मध्यम उंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है